प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुशल होना नए कौशल सीखना और कौशल में सुधार कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यभिता मंत्रालय ने किया था

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कौशल विकास निगम के विद्यार्थियों से बातचीत की उन्होंने युवाओं के कौशल विकास और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जनशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जिनके माध्यम से युवाओं का कौशल विकास हो सके इस अवसर पर उद्योगमंत्री विक्रम ठाकर ने कहा कि राज्य सरकार यवाओं के कौशल विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है और कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से लौटे युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल रजिस्टर पोर्टल शुरू किया गया है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को औद्योगिक इकाईयों में आने वाले कामगारों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं शिमला से आज प्रदेश के उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक बैठक में उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों या उनके ठेकेदारों को प्रशासन की अनुमति के बाद ही कामगारों को लाने की ईजाजत दी जाएगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले कामगारों को क्वारंटीन करना सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने बताया कि सब की दुलाई और इसे मण्डी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने करोड़ो रूपए की सौगात देने ँके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया सांसद सुरेश कश्यप ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया

आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सोलन व नालागढ़ वन मण्डलों के कार्यो की समीक्षा की इस बीच गोविंद ठाकुर ने पर्यटन की सम्भावनाओं और सुविधाओं के सुजन का पता लगाने के लिए आज मनाली से रोहतांग तक का दौरा किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले की धूदला पंचायत से पंचवटी योजना का शुभारम्भ किया

वीरेन्द्र ँकवर ने कहा कि प्रत्येक पार्क में अत्याध्रनिक व्यायाम व मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे स्मार्ट फोन मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में आशा कार्यकर्ताओं को निशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम र्से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन के माध्यम से आशा कार्यकर्ता हिम आरोग्य टीबी मुक्त हिमाचल ऐप्प और आरसीएच पोर्टल जैसी ऐप्प का प्रयोग कर सकेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा चलाए गए एक्टिव केस फाईडिंग अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि छोटे व मध्यम उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे वैबीनार पत्र सूचना कार्यालय शिमला व क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सरकार की संचार रणनीति विषय पर आज शिमला में वैबीनार का आयोजन किया गया सूचना व प्रसारण मंत्रालय की उत्तर क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक देवप्रीत सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि कोरोना काल में सुचना प्रसार प्रक्रिया ने डिजिटल संचार के रूप में प्रमुखता हासिल की है उन्होंने कहा कि ये वैबीनार भारत सरकार और शिक्षाविदों के बीच तालमेल और सुदृढ़ करेगा पत्र सुचना कार्यालय शिमला के उपनिदेशक प्रीतम सिंह ने बताया कि वैबीनार में क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ के निदेशक आशीष गोयल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष विकास डोगरा और प्रोफैसर शशिकांत शर्मा ने संचार से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे

उन्होंने प्रदेश में सड़कों पुलों सिंचाई और पेजयल आपूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे के विकास में नाबार्ड की भूमिका को सराहा मुख्य सचिव ने बैंक से किसानों को सस्ती व्याज दरों पर उदारता से ऋण देने का आहवान किया बैंक के मुख्य महाप्रबंधक दिनेश कुमार कपिला और अन्य अधिकारी भी इस मौके मौजूद रहे पौधरोपण कसुम्पटी ब्लॉक कांग्रेस ने आज शिमला जिले में बल्देयां के निकट शैनल शाहली में पौधरोपण किया इस अवसर पर एक सौ से अधिक देवदार के पौधे रोपे गए ब्लॉक अध्यक्ष रामकृष्ण शांडिल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण में भाग लिया